इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उद्घव ठाकरे को एक पत्र लिखा है जयराम ठाकुर ने कहा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे अधिकतर लोग अपने घर वापिस आने का अनुरोध कर रहें है कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो हो गई है मंडी ज़िले के जोगिन्द्रनगर में कल कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है

संक्रमित व्यक्ति को नेरचौक स्थित मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है

उन्होंने बताया कि युवक के सम्पर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है

राहत राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए अनेक कदम उठाए हैं

यह राशि अप्रैल माह में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च की गई

कम कीमत पर उत्कृष्ट दवाए लेने के लिए रोजाना करीब दस लाख लोग इन केंद्रों में पहुंच रहे हैं

पैंशन लॉकडाउन की स्थिति में डाक विभाग द्वारा लोगों को घरद्वार पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन उपलब्ध करवाई जा रही है

विभाग के प्रवर अधीक्षक आरके चौधरी ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मंडी मंडल के तहत मंडी कुल्लू और लाहुल स्पिति जिले आते हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने हिमाचल में कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल की मुहिम को लगा झटका जोगिंद्रनगर में आया कोरोना पॉजिटिव पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में कोरोना की वापसी दिल्ली से जोगिंद्रनगर आया युवक निकला पॉजिटिव दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जोगिंद्रनगर बद्दी में कोरोना की मार तीन साथियों संग नोएडा से आया मंडी का युवक निकला पॉजिटिव झाड़माजरी के लेबर हॉस्टल में रही गुरदासपुर की युवती भी चपेट में दैनिक भास्कर के अनुसार कोरोना वायरस फी होने को था प्रदेश मंडी के जोगिंद्रनगर में आया नया मरीज हिमाचल दस्तक के मुताबिक कोरोना मुक्त हो रहे हिमाचल को झटका

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है रेड या ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा

सवा लाख किसानों को नाबार्ड से बड़ी राहत शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है तीन लाख के कृषि ऋण पर दो प्रतिशत माली मदद

नमस्कार